निकाय आरक्षण प्रदेश के नगरपालिक निगमोंए नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिये महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही आज भोपाल में हुई इसके तहत भोपाल और खंडवा में अगली महापौर अन्य पिछड़ा वर्ग से महिला होगीए जबकि ग्वालियरए देवासए ब्रहानप्रए सागर और कटनी में अनारक्षित महिला महापौर बनेंगी इंदौरए जबलप्रए रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है

इसके अलावा जावराए छतरप्ररए धारए सनावदए नेपानगरए आष्टाए ब्यावराए हरदाए पांढ़र्नाए श्योप्र कलाए होशंगाबादए रायसेन और मंदसौर से ओबीसी महिला उम्मीदवार हो सकती हैं जबकि मकरोनियाए डबराए आमलाए चंदेरीए बीनाए लहार व महाराजप्र एससी और झाब्आए पाली मलाजखंड एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई हैं कृषि कानून तोमर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक बार फिर सरकार का रूख स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और कृषि सहकारी विपणन समितियों दवारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता और ना ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता श्री तोमर ने यह भी कहा कि कोई भी ठेकेदार पूरा भ्गतान किए बिना अन्बंध खत्म नहीं सकता कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों के तहत किसान अपनी फसल उगाने से पहले ही उसके दाम तय कर सकता है उन्होंने कहा कि फसलों के खरीदारों को समय पर भ्गतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पडेगा

इस संस्थान को ये प्रस्कार स्वस्थ मिट्टी के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए दिया गया है

संस्थान के निदेशक डॉ अशोक कुमार पात्रा ने बताया है कि सभी के लिए यह गर्व की बात है

उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत भूमिहीन पश्पालक भी ऋण प्राप्त करने के लिये पात्र हैं

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाएगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि बीमार लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय चिकित्सालयों से मिले कोई भी बीमार व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटे उन्होने कहा कि गत दिनों शहडोल में बच्चों की मौत के कारणों की समीक्षा के लिए उनके दवारा संभाग के तीनों जिलों का भ्रमण किया गया है आवश्यक संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराये जाएंगे संभाग स्तर पर बैठक लेकर अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं

इधर प्रदेश में अब तक दो लाख दो हजार से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

अशोकनगर में कोरोना संक्रमण से एक व्यपारी की मृत्य् हई

ऑनलाइन समारोह में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को यह अवॉर्ड प्रदान किया गया